केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता में बताया कि मौजूदा ब्लाक ईयर के दौरान कर्मचारियों को बिना भ्रमण के ही एलटीसी में खर्च होने वाली राशि दी जाएगी और वे इस राशि का इस्तेमाल बाजार में खरीदारी के लिये कर सकते हैं इसके अलावा सरकार कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम भी देगी

सरकार का मानना है कि इससे बाजार में एक लाख करोड़ रूपये की मांग पैदा होगी और कोरोना संकमण के दौरान पटरी से उतर गई अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में सौ रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया राजमाता के नाम से विख्यात थीं दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया का जीवन और उनके कार्य निर्धनों से जुड़े हुए थे और उनका जीवन जन सेवा में लगा था श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया ने अपना जीवन राष्ट्र के निर्माण में समर्पित किया और भावी पीढी की समृद्धि के लिए अपनी खुशियों को त्याग दिया कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और राजमाता सिंधिया के परिवार के करीबी रिश्तेदार शामिल हुए कोरोना प्रदेश प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संकमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या संकमित लोगों से ज्यादा बनी हुई है

जन आंदोलन अभियान कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

उन्होंने लोगों से बार बार हाथ धोने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की

केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकबी ने उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किये रक्षा चीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के बाद चीन भी एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा कर रहा है लेकिन देश इस संकट का सामना दृढ़ता के साथ कर रहा है

वहीं एक लघु फिल्क का लोकार्पण भी हुआ

दर्शन की बुकिंग की सुविधा के लिये परिसर में कियोस्क स्थापित किये जाएंगे